स्वस्थ होने की दर घटकर संतावन फीसदी हई

लगातार बढ़ रहे संकमण से संकमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर संतावन दशमलव तीन प्रतिशत पर पहंच गयी है राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गयी है इधर आज ग्यारह नये मरीजों की पुष्टि हुई है

इधर चौबीस घंटे में राज्य में चार और मौतें हई हैं जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा सैंतीस हो गया है अभी एक हजार सात सौ इक्यासी मरीज सक्रिय हैं जिनका इलाज किया जा रहा है जबकि दो हजार चार सौ अठाइस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इधर विधायक मथुरा महतो की तबियत बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच रेफर किया गया है

मंत्रालय ने बताया कि उपचार करा रहे लोगों से एक दशमलव आठ गुणा अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विश्व में प्रत्येक दस लाख पर कोरोना के एक हजार छह सौ अड़तीस औसत संक्रमितों की तुलना में भारत में प्रति दस लाख पर छह सौ संतावन लोग संक्रमित हैं देश में कोरोना से प्रत्येक दस लाख पर मृत्यु दर संत्रह दशमलव दो है जबकि वैश्विक औसत प्रति दस लाख पर तिहत्तर है

सांसद पशुपति नाथ सिंह के अंगरक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाए के बाद सांसद आवास को सील कर दिया गया है

इधर धनबाद के गोमो के एक सहायक लोको पायलट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से लोको पायलट व रेल कॉलोनियों को कन्टेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है जिला प्रशासन पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच अनिवार्य रूप से कर रहा है

जिले के सरिया ड्मरी और पचम्बा थाना पुलिस जागरूकता रैली निकाल कर स्थानीय भाषा में लोगों को मास्क पहनने का आग्रह किया जा रहा है पुलिस निरीक्षक आर एन चौधरी ने बताया कि जरूरी हो तमी घर से निकलें हाथ साफ करने के लिए सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें या साब्न से धोयें पचम्बा के पुलिस निरीक्षक शहदेव प्रसाद ने कहा कि कोरोना महामारी को लोग गम्मीरता से लें अन्यथा हालात बिगड़ने पर प्रशासन को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में सैंकडों कौषल केंद्र खोले गये श्री मोदी ने इसके लिए तीन मंत्र स्किल रिस्क्ल और अपस्किल पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कशल लोगों की जरूरत है इसलिए खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं में कृशल श्रमशक्ति की असीम संभावनाएं हैं वहीं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इसके लिये अलग मंत्रालय बनाया है

महिलाओं ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्रेशिक्षण लेकर बैंक से ऋण लेकर बुटीक का काम शुरू किया

इक्यानबे दशमलव चार छह प्रतिशत छात्र इस वर्ष सफल हुए हैं

विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे

इस कार्य में तेजी लाने के लिए सभी प्रखंडों एवं संबंधित कार्यालयों को उपायुक्त ने निर्देश दिया है

लोहरदगा जिले में पुलिस ने कल एक लाख रूपये के इनामी उग्रवादी को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में मोहीन अंसारी तथा एक लाख इनामी टीपीसी नक्सली सलीम अंसारी उर्फ कलीम अंसारी को गिरफ्तार किया है

साहिबगंज जिले के सकरीगली की शिवगंगा आजीविका सखी मंडल को राज्य स्तर पर श्रेष्ठ समूह का तीसरा पुरस्कार मिला है कोरोना संकट काल में अब तक सात हजार तीन सौ छियालिस लोगों को सखी मंडल की ओर से भोजन कराया गया है

उपायुक्त ने सखी मंडल की अध्यक्ष और सचिव को मोमेंटो देकर सम्मानित किया संक्षिप्त खबरें साहिबगंज जिले में अलग अलग स्थानों पर तीन लोगों की मौत हो गयी है

जबकि तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

जरूरी न्यायिक कार्यों का निष्पादन ऑनलाइन किया जाएगा